गिरफ्तार बैंककर्मी पर अवैध तरीके से एक ग्राहक के खाते से छियासी लाख रूपये ट्रांसफर करने का आरोप है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिस ग्राहक के बैंक खाते से हेराफेरी हुयी है उसकी गिरफ्तारी के लिये भी छापेमारी जारी है

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड की परीक्षा के मूल्यांकन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आयी उत्तर प्रस्तिकाओं के प्रनर्मूल्यांकन के बाद कई छात्रों को प्राप्तांक में पचास से पचपन नंबर तक बढ़ गये कई अध्यापक छात्रों को दिये गये अंकों का सही से जोड़ भी नहीं कर पाये थे

एमसीआई ने इस संबंध में सभी मेडिकल कॉलेजों को तीन साल के भीतर पीजी की पढ़ाई शुरू करने का निर्देश दिया है प्रदेश में अभी बेतिया स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज और वर्द्वमान महावीर मेडिकल कॉलेज पावापुरी में पीजी की पढ़ाई नहीं है

इस व्यवस्था के शुरू हो जाने से इन केंद्रों के खुलने और बंद होने के समय समेत अन्य गतिविधियों की जानकारी मुख्यालय को मिलती रहेगी केंद्रों पर संपादित होने वाले हरेक काम पर नजर रखने के लिये एक खास एप्लिकेशन तैयार किया गया है जो पल पल की जानकारी फोटो के माध्यम से उपलब्ध करायेगा

श्री मोदी ने कहा कि मामले की सीबीआई जांच चल रही है और इसमें जो भी दोषी पाये जायेंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के सवालों का जवाब देते हुये श्री मोदी ने कहा कि सृजन नामक स्वयंसेवी संस्था का निबंधन और उसे बैंकिंग की अनुमति राजद के कार्यकाल में ही मिली थी

इस संबंध में कॉलेजियम के प्रस्ताव को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है

उद्योग विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि पंजाब के लुधियाना के कपड़ा उद्यमियों ने इसके लिये सहमति दे दी है उन्होंने बताया कि इन उद्योगों की स्थापना के लिये रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन में टेक्सटाइल पार्क बनाया जायेगा प्रधान सचिव ने कहा कि इन इकाईयों की स्थापना से पच्चीस हजार लोगों को रोजगार मिलेगा

विभाग ने कहा है कि आज उत्तर बिहार में एक दो जगह अच्छी बारिश की संभावना है वहीं दक्षिण बिहार के गया और पटना में हल्की बूंदाबांदी होगी इधर लखनदेई कमला बलान और बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला रूक गया है पिछले अड़तालीस घंटों के दौरान इन नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही थी जिस कारण मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी और दरभंगा के कई गांव कटाव से प्रभावित हो गये थे इधर जल संसाधन विभाग ने कहा है कि कोसी नदी के सभी तटबंध पूरी तरह सुरक्षित हैं तटबंधों की चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है

इस दौरान जिला से लेकर प्रखण्ड स्तर पर विशेष शिविर लगाकर किताबों की बिक्री की जायेगी गौरतलब है कि इस बार विद्यार्थियों को किताब खरीदने के लिये सीधे उनके बैंक खातों में राशि भेजी गयी है

इसके तहत अब पचास हजार रूपये तक के किसी सामान की खरीद कार्यालय के नियंत्री पदाधिकारी के स्तर पर की जा सकेगी

बिस्कोमान के अध्यक्ष सुनील सिंह ने बताया कि इन केंद्रों पर पॉश मशीन के माध्यम से खाद की बिक्री शुरू की गयी है

पीएमसीएच के उपाधीक्षक राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि आठ और लड़कियों का जांच बाकी है

पहले यह तारीख अठाईस जून तक निर्धारित थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जमुई स्थित सिमुलतला आवासीय विद्यालय में वर्ग छह में नामांकन के लिये हुई प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजिका को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है

पुलिस मामले की जांच कर रही है

वहीं वैशाली जिले के महनार स्टेशन रोड स्थित अनुमंडल कार्यालय के पास ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के बीच हुयी टक्कर में दो लोगों की मौत हो गयी

गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर बड़ी संख्या में चोरी के वाहन बरामद किये गये हैं

हिन्दुस्तान लिखता है पटना में उड़ते ही हादसे से बचा विमान दैनिक जागरण की खबर है सेना ने म्यांमार में फिर घूसकर मार गिराये पांच आतंकवादी दैनिक भास्कर लिखता है उनहत्तर रूपये दस पैसे का हुआ एक डॉलर रूपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा प्रभात खबर की सुर्खी है राज्य सरकार ने सचिवालय कैडर का नये सिरे से गठन करने की प्रक्रिया शुरू की राष्ट्रीय सहारा लिखता है स्वीस बैंक खातों में भारतीयों का धन पचास प्रतिशत बढ़ा आज की सुर्खी है राजधानी में दिन दहाड़े चार लाख की बैंक डकैती